इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और इसे किफायती बनाना है इस विधेयक से देश के सभी भागों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता के चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित होगी इसके अतिरिक्त सभी के लिए स्वास्थ्य की देखरेख को बढ़ावा और सामुदायिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलेगा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राज्यसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान बताया कि इसे चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में महान सुधार बताया उन्होंने बताया कि इस विधेयक के लागू हो जाने से चिकित्सा क्षेत्र में तीव्र विस्तार होगा और देश में गुणात्मक चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित होगी

आज भी राजस्थान सहित कई राज्यों में डॉक्टरों ने विरोधस्वरूप कार्य का बहिष्कार किया

श्री बिरला ने सदन में सदस्यों से कहा कि प्रिंटिंग पर करोड़ों रूपए खर्च हो रहे हैं सबका प्रयास इस धन को बचाने का होना चाहिए

श्री बिरला ने कहा कि अगले सत्र से इस दिशा में प्रयास शुरू किए जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था न तो सहजता से मिली है और ना ही ब्रिटिश सरकार से उपहार में मिली है यह व्यवस्था सभी के सतत् संघर्ष का परिणाम है श्री मुखर्जी आज विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा की ओर से विधायकों के लिए आयोजित एक दिवसीय सेमिनार चेंजिग नेचर ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया में उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे श्री मुखर्जी ने भारतीय संविधान के अंगीकार करने से लेकर इसके वर्तमान स्वरूप तक हुए बदलावों पर विस्तार से प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि संविधान में लगातार संशोधन हुए हैं लेकिन फिर भी हमने अब तक इसकी मूल आत्मा को जीवित रखा है उन्होंने राष्ट्रमण्डल के गठन की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार के प्रयासों से यह संभव हुआ कि इसके नाम से ब्रिटिश शब्द को हटाया गया श्री मुखर्जी ने गोलकनाथ केशवानन्द भारती जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों की जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से भारतीय संसदीय व्यवस्था में लगातार बदलाव हुए है

श्री मुखर्जी ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते है इसलिए उनकी सबसे पहली जिम्मदारी जनता के हितों की रक्षा करना है सेमिनार को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि श्री मुखर्जी ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से देश के समृद्ध संसदीय लोकतंत्र का गौरव और बढ़ाया है

सेमिनार में तीन तेकनीकी सत्र भी आयोजित किए गए समापन सत्र को संबोधित करते हुए चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वतंत्र एजेंसी के रूप में चुनाव आयोग का गठन किया गया

उन्होंने कहा कि किसी विचारधारा पर टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए इसके बाद भाजपा सदस्य सेमिनार छोड़ सदन से बाहर आ गए

आज आकाशवाणी जयपुर पर लाइव फोन इन कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मुददों पर बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस जनता के सेवक के रूप में अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रही है उन्होंने प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा कि राजस्थान शांतिप्रिय राज्य के रुप मे जाना जाता है

उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा प्रदेश की जनता की सहयोगी रहेगी

महात्मा गांधी काषी विद्यापीठ के प्राफेसर सतीष राय ने राष्ट्र धर्म संस्कृति और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विषय पर मुख्य वक्तव्य देते हुए कहा कि संस्कृति कर्म के आधार पर विकसित होती है कार्यकम के मुख्यअतिथि प्रदेष कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा थे जबकि विष्वविद्यालय के कुलपति प्रो आर के कोठारी ने अध्यक्षता की रूटा के अध्यक्ष जयंत सिंह ने बताया कि प्रो चतुर्वेदी की स्मृति में हर साल समसामायिक मुद्दों से जुड़े विषय पर व्याख्यान कराया जाता है

पाली जिले के बाली उपखण्ड मुख्यालय पर आज स्कूली बच्चों ने जल शक्ति अभियान के तहत रेली निकालकर जल सरक्षण का संदेश दिया राजसमंद में जिला प्रशासन द्वारा इरिगेशन गार्डन पर जल शक्ति अभियान की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया

वहीं अजमेर में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ हमारे संवाददाता ने बताया कि कई निचले इलाके बारिश के पानी से घिर गये

नागौर जिले में रात को यात्रियों की सुरक्षा के लिए अब टैक्सी यूनियन को रात में चलने वाली टैक्सियों का पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया है बूंदी जिले में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन पुर्नसीमांकन और नवसूजन के प्रारूप का सार्वजनिक प्रकाशन कर दिया गया है